महामारी से अब तक चौबीस लोगों की मृत्यू

और देश में इस वर्ष मॉनसून सामान्य रहेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जोर दिया है कि कोविड उन्नीस महामारी से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है प्रधानमंत्री भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के एक सौ पच्चीसवें स्थापना दिवस समारोह को वीडियो कांफ्रेंस के जरिये संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि भारत अनलॉक होने के पहले चरण में प्रवेश कर चुका है और आर्थिक गतिविधियों के बहुत बड़े हिस्से को खोल दिया गया है श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत चौहत्तर करोड़ लाभार्थियों को अनाज उपलब्ध कराया गया है बाईट प्रधानमंत्रीगरीब कल्याण योजना ने गरीबों को तुरंत लाभ देने में बहुत मदद की है

प्रवासी श्रमिकों के लिए भी फ्रीराशन पहुंचाया जा रहा है

महिलाएं हों दिव्यांग हो बुजुर्गहो श्रमिकहो हर किसी को इससे लाभ मिला है प्रधानमंत्री ने कहा कि आठ करोड़ रसोई गैस सिलेन्डर बांटे गये हैं और पचास लाख कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि का चौबीस प्रतिशत अंशदान सरकार ने उपलब्ध कराया है उन्होंने मेड इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड का आह्वान करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया प्रधानमंत्री ने ऐसी वस्तुओं के आयात में कटौती का आग्रह भी किया जिनका उत्पादन देश में आसानी से किया जा सकता है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के एक सौ इक्यावन मामले की पुष्टि होने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर चार हजार छियानवे हो गया है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक उन्नीस मामले पूर्णियां में मिले हैं वहीं सीवान में ग्यारह मध्रबनी में छह कैमूर पूर्वी चंपारण और बांका में पांच पांच वैशाली में तीन बेगूसराय गया और जहानाबाद में दो दो तथा लखीसराय पटना मुजफ्फरपुर नालंदा सीतामढ़ी और भागलपुर में एक एक व्यक्ति के पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है जिनमें सात महिलाएं शामिल हैं इस बीच सीतामढ़ी जिले के कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति की मौत हो गई राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर चौबीस हो गई है वहीं स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि बिहार पुलिस के छियासी में से इकसठ जवानों की रिपोर्ट निगेटिव आने बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है राज्य में स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार आठ सौ तीन हो गयी है इधर हमारे संवाददाता ने बताया है कि जमुई जिले में कोविड उन्नीस महामारी से एक व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि हुई है जिले के सिविल सर्जन ने बताया कि खैरा प्रखंड निवासी चौंसठ वर्षीय व्यक्ति हाल में मुंबई से लौटा था उसका इलाज गिद्धौर के एक स्वास्थ्य केंद्र के आइसोलेशन वार्ड में चल रहा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहरी क्षेत्रों के रिक्शा ठेला चालक दिहाड़ी मजदूरों सहित जरूरतमंद परिवारों के बीच निःशुल्क मास्क के वितरण का निर्देश दिया है उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के बीच कोविड उन्नीस को लेकर व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है वहीं मुख्यमंत्री आज राज्य की सभी ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के जन प्रतिनिधियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे सूचना और जन सम्पर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमण पर चलाये जा रहे रोकथाम और जागरूकता अभियान जैसे कार्यों की जानकारी लेंगे राज्य में लगभग साढ़े तीन लाख प्रवासी लोगों की स्वास्थ्य जांच का कार्य प्ररा किया जा चुका है इसमें से आठ हजार लोगों ने क्वारेंटीन की अवधि प्ररी कर ली है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि एक सौ नौ लोगों में सर्दी खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ की शिकायत मिली है श्री पांडेय ने कहा कि प्रवासी कामगारों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये दो सौ अठहत्तर केन्द्रों पर आईसोलेशन बेड की संख्या बाईस हजार से बढ़ाकर पैंतीस हजार किया जा रहा है देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला अब कम हो रहा है आज छह श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से नौ हजार नौ सौ लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचेंगे इनमें तीन तमिलनाडु दो केरल और एक रेलगाड़ी पश्चिम बंगाल से आ रही है देश के विभिन्न राज्यों से पिछले तैंतीस दिन में चार हजार एक सौ पचपन श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से संतावन लाख से अधिक प्रवासी कामगारों को उनके गृह राज्य पहुंचाया गया है रेलवे ने बताया कि अधिकांश रेलगाड़ियों का संचालन गुजरात महाराष्ट्र पंजाब उत्तर प्रदेश और बिहार से हुआ जबकि अधिकतम रेलगाड़ियां पांच राज्यों उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड ओडिसा और पश्चिम बंगाल भेजी गईं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा देश की सबसे बड़ी रोजगार सुजन योजनाओं में से एक है जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की इक्कसवीं बैठक में उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत दो सौ इकसठ स्वीकृत कार्य हैं जिनमें से एक सौ चौसठ कार्य कृषि और उससे संबंधित हैं श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने व्यक्तिगत परिसंपत्तियों और जल संरक्षण परिसंपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता दी है जो कृषि क्षेत्र को मदद करेगी उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए अब तक की सर्वाधिक साढ़े इकसठ हजार करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया है कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश की निचली अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चल रही बहस के अलावा अब कल से वकील खुली अदालत में उपस्थित होकर भी बहस कर सकेंगे पटना उच्च न्यायालय के जारी निर्देश के आलोक में जिला और सत्र न्यायाधीश ने इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है सुरक्षा के मद्देनजर वकील पुकार होने पर बारी बारी से न्यायालय कक्ष में जाएंगे लेकिन किसी भी वकील को अपने पक्षकार के साथ न्यायालय कक्ष में जाने की अनुमति नहीं होगी शराब माफिया से मिलीभगत के आरोप में पटना के बेउर थाना के दो दारोगा और नालंदा जिले के एक एएसआई को बर्खास्त कर दिया गया है पटना सेन्ट्रल रेंज के आईजी संजय सिंह ने बताया कि बर्खास्त पुलिस कर्मियों पर एक शराब लदे वाहन को रूपये लेकर छोड़ने का आरोप था इसके साथ ही नालंदा के चेरो ओपी के सिपाही ललन कुमार शर्मा को शराब के नशे में हंगामा करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है लॉकडाउन की अवधि में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से बिहार के किसानों को काफी राहत मिली है वैशाली और नवादा जिले के लाभार्थियों ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा यह मदद फसल बचाने में कारगर साबित हुई है

बाईट अगर इंसानको एक्सपोजर है उस इंसान के साथ जिसको कि कोरोना वायरस देखा या भुगताहै तो उसका कोरोना वायरस होने का चांस है कॉमन कोल्ड और कोरोना वायरस इन्फेक्शन

पांच पर्सेंटया उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है तो फर्क आप नहीं कर पायेंगे सेटलआप हो जायेंगे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सार्वजनिक स्थलों पर थ्रकने के नुकसान और जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक गीत साझा किया है आइये सुनते हैं ये गीत

जुलाई से सितम्बर के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वर्षा के दूसरे अनुमान के बारे में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम राजीवन ने कहा कि अच्छे मॉनसून के लिए स्थिति अधिक अनुकूल हो रही है मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून आने तक उमसभरी गर्मी का दौर जारी रहेगा विभाग ने कहा है कि मौसम में इस दौरान बदलाव जारी रहेंगे जबकि कुछ स्थानों पर बारिश की सम्भावना बनी हुई है मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र सुपौल अररिया किशनगंज सहरसा और पूर्णियां में आज आंधी के साथ बारिश हो सकती है राजधानी पटना का अधिकतम तापमान पैंतीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि हवा में आर्द्रता छप्पन प्रतिशत रही है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं के परीक्षार्थियों को अपने गृह जिले में परीक्षा केन्द्र बदलने की छूट दी है इसके लिए छात्र अपने स्कूल में आज से नौ जून तक आवेदन कर सकते हैं छात्रों को सोलह से अठारह जून के बीच नये परीक्षा केन्द्र की जानकारी मिलेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुजफ्फरपुर में पूर्व केन्द्रीय मंत्री सह समाजवादी नेता जार्ज फर्नांडिस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे पिछले दिनों राज्य कैबिनेट की बैठक में जार्ज फर्नांडिस की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया था निर्वाचन आयोग ने राज्य में इस वर्ष अक्टूबर नवम्बर में संभावित चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बात करते हुये दिशा निर्देश दिये उन्होंने मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को जल्द ही शुरू करने की बात कही निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों को कर्मचारियों को डाटा बेस और प्रशिक्षण के लिए शेड्यूल तैयार करने का निर्देश दिया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने हेल्प लाईन नम्बर एक नौ पांच शून्य को कार्यरत करने के साथ ही वेबसाईट को अप टू डेट करने का आदेश भी दिया हैं गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड के बीबीपेसरा गांव से सीमा सुरक्षा बल ने तीन नक्सलियों को गिरफ्तार किया है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान अलग अलग घटनाओं में आठ लोगों की मौत हो गयी है मरने वालों में सारण जमुई कैमूर पूर्वी चंपारण और भागलपुर जिले के लोग शामिल हैं जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र से झाझा आरपीएफ ने फर्जी रेल टिकट ब्रकिंग मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है समस्तीपूर जिले के तिसवारा बम्मा के पास एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़े सात लोगों को कुचल दिया जिसमें तीन लोगों की मौत मौके पर ही हो गयी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को प्रमूखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है नब्बे फीसदी मरीज सिर्फ हलके लक्षण वाले भारत में कोरोना की मारक क्षमता घटी दैनिक भास्कर लिखता है बिहार में चूनाव की तैयारी आयोग ने कहा बूथों का भौतिक सत्यापन करें दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से शीर्षक दिया है रिक्शा चालक दिहाड़ी मजदूर व ठेला वेंडरों को निःशुल्क मास्क दें प्रभात खबर ने राजधानी पटना में ड्रेनेज सिस्टम पर लिखा है अगले मॉनसून के बाद ही तैयारा हो पायेगा ड्रेनेज मास्टर प्लान दैनिक आज ने दिल्ली के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी को हटाये जाने की खबर को बड़ी सुर्खी बनाया है

महामारी से अब तक चौबीस लोगों की मृत्यु

और देश में इस वर्ष मॉनसून सामान्य रहेगा